केन्द्र देशभर में साढ़े बारह हजार आयुष केन्द्र करेगा स्थापित महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर प्रदेश विधानसभा के अड़तालिस घंटे के विशेष सत्र का होगा आयोजन केन्द्र सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा की है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का चार बैंकों में विलय किया जाएगा इसके बाद अब देश में सत्ताईस के बजाए बारह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे

ये बैंक सुदृढ़ संगठित ऊर्जावान और पर्याप्त प्रंजी वाले होंगा

पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय की भी घोषणा की गई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक और कॉर्परिशन बैंक का विलय होगा इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक के विलय की घोषणा की गई सरकार देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि पीएनबी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया जाएगा और यह सत्रह लाख पन्चानबे हजार करोड़ रुपये के कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा वित्त मंत्री ने कहा कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय से यह चौथा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा यूनियन बैंक आंध्रा बैंक और कॉर्परेशन बैंक के विलय से यह चौदह लाख उन्सठ हजार करोड़ रुपये के कारोबार के साथ यह पांचवां सबसे बड़ा बैंक बनेगा उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना रहेगा वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी और नीरव मोदी जैसे भगोड़े कारोबारियों से बचने के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को अब कोर बैंकिंग सिस्टम से साथ जोड़ा गया है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजया बैंक का विलय नहीं हुआ है वित्त मंत्री ने कहा सरकार बैंकों को आध्निक और विकसित करने की कोशिश कर रही है और आठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको ने पिछले एक सप्ताह में रेपो आधारित ऋण शुरू किए हैं श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैंक के वाणिज्यिक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा वित्त मंत्री ने बताया कि दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक के दिए गए ऋणों पर कड़ी नजर रखी जा रही है ड्वे हुए ऋणों का जिक्र करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे हुए सकल ऋण आठ लाख पैंसठ हजार करोड़ रुपये से घटकर सात लाख नब्बे हजार करोड़ रुपये रह गए

अब बैंकों के परिसंपत्ति में सुधार हुआ है और डूबे हुए सकल ऋण की मात्रा भी कम हुई है

वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की पहली तिमाही में सकल घरेल् उत्पाद की वृद्वि दर पांच प्रतिशत रही इससे पिछली तिमाही में यह पांच दशमलव आठ प्रतिशत थी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रहमण्यन ने बताया कि वृद्वि दर में मामूली गिरावट के लिए कई घरेलू और विदेशी कारक जिम्मेदार हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की सफलता के लिये लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को संबोधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये वर्ष दो हजार अट्ठारह में शुरू किये गये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक देश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्वारित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स विमागों की आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विमाग समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की सफलता के लिये एकजुट होकर प्रयास करे उन्होंने कहा कि पोषण अभियान बाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस अभियान को स्कूल चलो अभियान से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रमारी मंत्रियों को भी पोषण अभियान से जोड़ने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सही समन्वय से पोषण अभियान में वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी प्रदेश में संचारी रोगों को नियंत्रित करने में मिली है मुख्यमंत्री ने समी जिलाधिकारियों को इस अभियान की लगातार मॉनीटरिंग करने और इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिये उन्होंने ब्लॉक और तहसील स्तर पर क्षेत्र निरीक्षण करने की भी आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्द पेयजल के विषय में व्यापक अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जाये साथ ही क्पोषण जैसी समस्या से निपटने और बच्चों के समुचित विकास के लिये कुपोषित परिवारों को दवाओं और खान पान की सही जानकारी उपलब्ध कराई जाये इस बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कृषि उद्यान ग्राम्य विकास पंचायती राज बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश भर में साढ़े बारह हजार आयुष केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है

योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्रणायाम और आयूर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं इस अक्सर पर श्री मोदी ने आयुष चिकित्सा पद्वति के जाने माने विशेषज्ञों और चिकित्सकों के सम्मान में बारह आयुष स्मारक डाक टिकट भी जारी किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत में लोकतंत्र में सबकी भागीदारी जनता पर ध्यान देने वाली सरकार और नागरिकों की जिम्मेदारी पर विशेष बल रहेगा उन्होंने कहा कि नया भारत में जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार सरकार होगी कल कोच्चि में आयोजित मनोरमा न्यूज कॉनक्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि देश तेजी से बदल रहा है और हजारों प्रतिभावान युवा जबर्दस्त उद्यमशीलता दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे और सुशासन को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नये भारत के तीन प्रमुख द् ष्टिकोण हैं काम करें सुधार करें और बदलाव लायें उन्होंने कहा कि सरकार के नये भारत के दृष्टिकोण में यह स्पष्ट है कि भारत भ्रष्टाचार आतंकवाद जातिवाद सांप्रदायिकता और गरीबी से मुक्त हुए उत्तर प्रदेश कियानसभा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत समन्वित विकास के लक्ष्यों पर लगातार अड़तालिस घण्टे विचार विमर्श करेगी यह लगातार अड़तालिस घण्टे चलने वाला ऐतिहासिक सत्र होगा इसके मध्य कोई अवकाश नहीं होगा विधानसभा के इस विशेष सत्र का निर्णय कल विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से विधान भवन में लिया गया इस सत्र में गरीबी कुपोषण शिक्षा पर्यावरण आदि सतत् विकास के कार्यक्रमों पर मंथन करने का अवसर प्राप्त होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रामगढ़ताल के नौका विहार केन्द्र पर लगभग बारह करोड़ रूपये की लागत के लाइट एण्ड साउन्ड शो का लोकार्पण किया भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के रामगढ़ताल के प्रद्यण निर्माण एव संरक्षण की योजना अन्तर्गत रामगढ़ताल में स्थापित पच्चीस फ्लोटिंग कैशकेड फाउंटेन एक मल्टीमीडिया फ्लोटिंग फाउंटेन तथा चार सौ पचास किलो वाट सोलर पावर प्लान्ट कार्य इसमें शामिल हैं लाइट एण्ड साउंड शो के माध्यम से गोरखपुर के इतिहास एव परम्परा के बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया जिसमें गोरखपुर के नामकरण से लेकर आधुनिक गोरखपुर तक को दिखाया गया